गांधीवादी विचारक सुब्बाराव भी हुए शामिल ऋण माफी केंद्र सरकार आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के छोटे कर्जदारों का ऋण माफ करने की योजना पर काम कर रही है इस योजना पर सरकार करीब दस हजार करोड़ रुपये खर्च कर सकती है कॉरपोरेट मामलों के सचिव इंजेती श्रीनिवास ने कल कहा कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के छोटे कर्जदारों के लिए प्रस्तावित कर्जमाफी की शर्तो को लेकर सूक्ष्मवित्त उद्योग के साथ चर्चा की गई है यह कर्जमाफी व्यक्तिगत दिवाला एवं ऋणशोधन के तहत होगी और यह ईब्ल्यूएस श्रेणी के सबसे बदहाल मामलों के लिए होगी प्रस्तावित कर्जमाफी की पेशकश ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता के तहत होगी

गहलोत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने कहा है कि सरकार सिर पर मैला ढोने की प्रथा में रोजगार की संभावना को खत्म करने तथा इस काम में लगे लोगों के पुनर्वास से संबंधित कानून के जरिए इसे समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है वे आज नई दिल्ली में सतत स्वच्छता पर राष्ट्रीय कार्यशाला सह प्रदर्शनी में बोल रहे थे श्री गहलोत ने कहा कि सरकार मशीनों से सफाई और आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग के जरिए सीवर लाइनों तथा सेप्टिक टैंकों में कामगारों के प्रवेश को रोकने पर जोर दे रही है इस मौके पर आवास तथा शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि उनके मंत्रालय ने मजदूरों द्वारा सेप्टिक टैंकों और सीवर लाइनों की सफाई के काम को रोकने के लिए कई उपाय किए हैं कार्यशाला में शहरी मामलों सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिवों सहित पांच सौ शहरों के नगरपालिका आयुक्तों ने भाग लिया

बैठक में मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति साहूकारी विनिमयन आदेश में आवश्यक संशोधन किए गए हैं

बैठक में आदिवासियों द्वारा साहकारों से लिये ऋण की माफी की योजना को भी मंजूरी दी गई

सरकार इसके लिये अध्यादेश लाएगी वहीं कैबिनेट ने मध्यान्ह भोजन योजना का विस्तार करते हुए प्रदेश में संचालित मान्यता प्राप्त मदरसों में मध्यान भोजन देने की अनुमति प्रदान की कैबिनेट में सीधी भर्ती में अधिकतम आयु सीमा संबंधी संशोधन आदेश का अनुसमर्थन किया गया

बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में मिलावट के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्रवाई के लिए स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट को बधाई दी सीएम उज्जैन मुख्यमंत्री कमल नाथ ने आज उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर की पाँचवी सवारी की सभामंडप में पहुँचकर प्रजा अर्चना की और सवारी को कन्धा देकर आगे बढ़ाया उन्होंने भगवान से प्रदेश के कल्याण की प्रार्थना की इस मौके पर उज्जैन जिले के प्रभारी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा खेल मंत्री जीतू पटवारी भी प्रजन अर्चन में शामिल हुए

केन्द्रीय शहरी और आवास मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी और प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्द्वन सिंह की उपस्थिति में एमओयू हुआ

यह बंगाली चौराहा से विजयनगर भँवर शाला एयरपोर्ट होते हुए पलासिया तक जायेगी

भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन द्वारा किया जायेगा यह कंपनी अब भारत सरकार और मध्यप्रदेश सरकार की पचास पचास प्रतिशत की ज्वाइंट वेंचर कंपनी में परिवर्तित होगी ग्राम स्वराज यात्रा केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्यमंत्री प्रहलाद पटेल की ग्राम स्वराज पदयात्रा चौथे दिन दमोह पहुंच कर संपन्न हो गई गांधीवादी चिंतक और विचारक राजगोपाल ने यात्रा को अदभुत बताते हए कहा कि कार्यकर्ता क्लास रूम में नहीं सड़क पर बनते हैं यह बात गांधी जी के बाद एक बार फिर श्री पटेल ने साबित की है यात्रा में शामिल होने आए गांधी जी के प्रपोत्र श्रीकृष्ण क्लकर्णी ने कहा कि श्रद्वांजलि के साथ कार्यान्जली भी हो तो यह गांधी जी के प्रति सच्ची श्रद्वा होगी इससे पहले पदयात्रा का दमोह पहुंचने पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया

इस मौके पर कल सागर रायसेन बैतूल नीमच और इंदौर में सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया है उधर खंडवा में शासकीय कर्मचारियों को सद्भावना की शपथ दिलाई जाएगी विश्व फोटोग्राफी दिवस विश्व फोटोग्राफी दिवस आज देश के साथ ही प्रदेश में भी उत्साह के साथ मनाया गया इस अवसर पर जनसम्पर्क मंत्री पीसी शर्मा ने भोपाल के स्वराज भवन में ओल्ड फोटोग्राफ्स की प्रदर्शनी का शुभारंभ किया उधर धार में दो दिवसीय फोटो प्रदर्शनी आयोजित की गई है